मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में वन विभाग की ईको टूरिज्म वैबसाइट का किया शुभारम्म स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा सरकार बेहतर गुणात्मक और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध

राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार सुशासन और नवाचार के जरिए किसानों और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए काम कर रही है नई दिल्ली में कृषि उन्नति मेले के समापन समारोह में आज उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र के प्रयासों के उत्साहवर्धक परिणाम आने शुरू हो गये हैं राधा मोहन सिंह ने कहा कि हर वर्ष कृषि क्षेत्र के लिए व्यय और बजट प्रावधानों में वृद्धि की जा रही है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में वन विमाग की ईको टूरिज़्म वैबसाइट का शुभारम्भ किया

जयराम ठाकुर ने कहा कि ईको दूरिस्ट के लिए मार्गदर्शन व सार्वजनिक निजी सहमागिता पर चलाई जा रही ईको टूरिज़्म साइटों की जानकारी भी इसमें उपलब्ध करवाई गई है

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन प्रचार मण्डल के बहुउद्देशीय पोस्टर का विमोचन भी किया जिसका वितरण सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा वन मंत्री गोविंद ठाकुर और प्रधान मुख्य अरण्यपाल जीएस गोराया सहित अनेक अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके मौजूद रहे गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि हरे मरे जंगल प्रदेश की अमूल्य निधि है और इन्हें बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए

पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने मणिकर्ण में शुरू किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यो की जानकारी दी विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और ज़िला परिषद सदस्य टेकचंद ने भी अपने विचार व्यक्त किए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कवर ने कहा है कि ऊना में टकोली के ऐतिहासिक व प्राचीन तालाब का सौंदर्यकरण किया जाएगा टकोली में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष के भीतर इस योजना को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके विधायक बलवीर चौधरी भी इस मौके मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठाने व ग्णवत्तायुक्त शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ठियोग विघानसभा क्षेत्र के मैलन में आज उन्होंने कहा कि शिमला ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे इस मौके विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने शिक्षा मंत्री से भेंट की

बिक्रम ठाकूर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि सरकार हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है जसवां परागपुर निर्वाचन क्षेत्र की चपलाह पंचायत में जन संपर्क अभियान के तहत आज एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही बिक्रम ठाकुर ने सड़क व अन्य विकास कार्यो के लिए लोगों से सहयोग देने का आग्रह किया

इस दौरान बिक्रम ठाकुर ने चपलाह गुडारा और निहारी में जन समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने सिरमौर ज़िले में शिलाई की कांटी मशुआ पंचायत में आज सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया

उन्होंने महिला प्रधानों से अपने महत्वपूर्ण पद की गरिमा बनाए रखने का आहवान किया

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मण्डी जिले में जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के लड़भड़ोल में आज जन समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया इस मौके एक जनसभा में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के निर्माण व रखरखाव को प्राथमिकता दी जा रही है राम स्वरूप शर्मा ने लोगों से केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया स्थानीय विधायक प्रकाश राणा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सरकार लोगों को बेहतर ग्णात्मक और अत्याध्निक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है

विपिन परमार ने कहा कि टैली मैडिसन के माध्यम से दूरदराज़ क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा न्यूनतम खर्च पर उपलब्ध करवाई जाएगी इस बीच कल शाम क्षेत्र के फरेड़ में एक कार्यक्रम में विपिन परमार ने कहा कि स्वयं सेवी संस्थाओं का समाज के लिए सराहनीय योगदान है और इन्हें बेसहारा जानवरों के समाधान के लिए भी आगे आने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि गौसदन बनाने के लिए अच्छी संस्थाओं को एक रूपए पट्टे पर ज़मीन उपलब्ध करवाई जाएगी

प्रदेश के पांच प्रमुख शक्तिपीठों चिंतपूर्णी बज्जेश्वरी देवी ज्वालामुखी व चामुण्डा देवी और नयना देवी समेत अन्य मन्दिरों में श्रद्वालुओं का सुबह से ही तांता लगना शुरू हो गया और मां दुर्गा के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है नवरात्र मेलों के पहले दिन आज माँ दुर्गा के शैल पुत्री रूप की पूजा अर्चना विधि विधान से की जा रही है मान्यता है कि चैत्र नवरात्रों में माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का संहार किया था जिससे ये पर्व बुराई की समाप्ति का भी प्रतीक है श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिरों में पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सांसद अनुराग ठाकुर व राम स्वरूप शर्मा ने भी इस अवसर पर लोगों को बघाई दी है

इस बीच राजीव बिंदल ने नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में कहा कि समाज में नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ही नेता की संज्ञा दी जा सकती है उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले युवाओं को पुरस्कृत भी किया अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने भारतीय नववर्ष और नवरात्र के अवसर पर आज हमीरपुर स्थित गौशाला जमलीधाम में गौ गंगा गौरी अभियान का शुभारम्म किया

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गौ रक्षा और गंगा संरक्षण अभियान में अब आम जनमानस की सहभागिता भी सुनिश्चित हो रही है

श्रद्धालुओं को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए स्वास्थ्य विमाग द्वारा आयुर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं